दो महीने के लंबे युद्धाभ्यास का उद्देश्य कमांडरों और सैनिकों को हमलावर कार्रवाई में दक्षता हासिल करना था इस दौरान यांत्रिक बलों पैदल सेना तोपखाने इंजीनियरों विशेष बल और वायुसेना के बीच तालमेल का अभ्यास किया गया

अब हम अपना काम प्रभावी ढंग से निभाने के प्रति आश्वस्त हैं

श्री कटारिया कल उदयपुर जिले के सुदूर आदिवासी बहुल कोटडा इलाके में एक लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे कोटडा तहसील के कूटीर तथा लघु वन उपज प्रसंस्करण केन्द्र के लोकार्पण समारोह के मौके पर उन्होंने वनवासियों की आय बेढाने के लिए सरकार की और से चलायी जा रही योजनाओं की चर्चा करते हुये स्थानीय जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया वे इसका लाभ आदिवासी भाईयों को दिलाने में सहयोग करें

क्षेत्रीय खेलकृद प्रशिक्षण केन्द्र बरकतुल्लाह खान स्टेडियम के खेल अधिकारी ने बताया कि जोधपुर के खिलाड़ियों को अन्तरराष्ट्रीय स्तर की शूटिंग रेंज मिलेगी

इस दौरान श्री चौधरी ने ग्रामीणों की पेयजल समस्या के त्वरित समाधान के निर्देश दिए सुनवाई से पहले राज्यमंत्री ने रेलवे अंडरब्रिज की डिजाइन पर रेलवे अधिकारियों से चर्चा की ग्रामीणों की शिकायत थी कि गांवों में जो रेलवे अंडरब्रिज बनाए गए हैं वे काफी छोटे हैं विधानसभा क्षेत्र के कई रेलवे स्टेशन पर महत्वपूर्ण ट्रेनों के ठहराव पर भी चर्चा की गई

याचिका में कहा गया है कि नहरों में तेजाबी पानी डालने से राज्य के गंगानगर हनुमानगढ़ और बीकानेर जिलों में तेजाबी पानी सप्लाई होने लगा है

हालांकि महापड़ाव स्थल पर किसानों और प्रशासन के बीच वार्ता भी हुई लेकिन मांगों पर कोई सहमति नहीं बन पाई वार्ता में किसान यूनियन के पदाधिकारी इसे बात पर अड़े रहे कि जिला कलेक्टर वार्ता के लिए आये तभी वार्ता आगे बढेगी कलेक्टर के वार्ता के लिए नहीं आने पर शाम को किसानों ने उनका पुतला फूंका सरिस्का तिराहे पर भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसान महापड़ाव पर बैठे है

कांग्रेस द्वारा आयोजित प्रदर्शन के तहत राज्य के जिला मुख्यालयों पर कार्यकर्ताओं ने बैलगाडी और ऊंटगाडी की रैलियां निकाल कर अपना विरोध प्रकट किया